सरकार बरत रही है पूरी सतर्कता

और भारत की जनगणना दो चरणों में सम्पन्न होगी

कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इकतीस मार्च तक सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है साथ ही राज्य के सभी सिनेमाघर पार्क और म्यूजियम भी बंद रहेंगे राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के बड़े आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई है इस रोक के अंतर्गत तेईस और चौबीस मार्च को होने वाले बिहार दिवस समारोहों को भी स्थगित कर दिया गया है मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है श्री कुमार ने कहा कि वायरस के संक्रमण के फैलाव के मददेनजर भारत नेपाल सीमा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार इस विकल्प पर भी विचार कर रही है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मियों को रोटेशन के तौर पर बूलाया जाये उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि सरकारी कार्यालयों में भी एक साथ बहुत ज्यादा कर्मी न रहें मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मददेनजर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं इसके साथ ही अवकाश पर गये चिकित्सा कर्मियों को भी तत्काल काम पर लौटने का निर्देश जारी किया गया है उन्होंने कहा कि राज्य में संक्रमण की जांच के लिए तीन नमूना संग्रह प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं यह प्रयोगशालाएं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोली गई हैं भारत नेपाल सीमा पर कड़ी जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि निजी समारोहों और व्यवसायिक भवनों को बंद करने का निर्णय सरकार जल्द ही लेगी उन्होंने कहा कि नेपाल सीमा से सटे जिलों में बाहर से आने वाले लगभग एक लाख छब्बीस हजार लोगों की जांच की जा चुकी है वहीं पटना और गया हवाई अड्डे पर अब तक लगभग बीस हजार यात्रियों की जांच की गयी है जिसमें से दो सौ पांच लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है कोरोना वायरस संक्रमण के विस्तार को देखते हुए बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने फोकानिया और मौलवी के परीक्षा परिणाम को सरकार के आदेश के बाद स्थगित कर दिया है बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल क्यूम अंसारी ने बताया कि अगले आदेश तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं होगी इसकी तारीख बाद में घोषित की जायेगी वहीं सीबीएसई ने चल रही परीक्षाओं को जारी रखने का निर्देश दिया है बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि छात्र मास्क लगा कर परीक्षा दे सकेंगे इसके साथ ही सभी केन्द्रों पर हैंड सैनिटाइजर और साफ सफाई रखने का निर्देश दिया गया है

इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है मोबाइल और अन्य संचार माध्यमों से लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी की है और जरूरी उपाय भी किये गये हैं उन्होंने कहा कि राज्य में विदेश से आने वाले लोगों की पटना और बोधगया हवाई अड़डे पर कड़ी जांच की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से अपने को सु्रक्षित रखने के लिए सभी ब्रनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा है बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी समाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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

एयर इंडिया ने कोरोना वायरस को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए इटली दक्षिण कोरिया और क्वैत जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि एयर इंडिया ने फ्रांस जर्मनी स्पेन इस्राइल और श्रीलंका के लिए भी तीस अप्रैल तक अपनी उड़ानों की संख्या कम कर दी हैं केन्द्र सरकार ने अगले एक सौ दिन तक फेस मास्क और हैण्ड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है केन्द्र ने सर्जिकल मास्क हैण्ड सैनिटाइजर और ग्लव्स की उपलब्धता और कीमतों पर नियमन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया है साथ ही दो और तीन प्लाई के सर्जिकल मास्क और एन पंचानवे मास्क तथा हैण्ड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम उन्नीस सौ पचपन के अंतर्गत रखा गया है उच्चतम न्यायालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए अपना कार्य दायरा सीमित करने और सोमवार को पन्द्रह पीठ में से केवल छह में सुनवाई का निर्णय लिया है ये छह पीठ केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेंगी सुनवाई के दौरान अदालत में वकीलों को छोड़कर अन्य किसी को अंदर रहने की अनुमति नहीं होगी उच्चतम न्यायालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार ये छह पीठ न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और एम आर शाह न्यायमूर्ति यूयू ललित और विनीत सरन न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड और हेमंत गुप्ता न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और एस रविन्द्र भट्ट तथा न्यायमूर्ति एसके कौल और संजीव खन्ना की होंगी भारत की जनगणना दो हजार इक्कीस दो चरणों में सम्पन्न होगी पहला चरण इस वर्ष एक अप्रैल से तीस सितंबर तक चलेगा इस चरण में आवास से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी दूसरा चरण जनसंख्या की गणना का होगा जो अगले वर्ष नौ फरवरी से अट्ठाईस फरवरी तक पूरे देश में एक साथ चलेगा गौरतलब है कि प्रत्येक दस वर्ष पर होने वाला जनगणना कार्य एक सौ तीस वर्ष से भी अधिक के इतिहास के साथ लोगों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का विश्वसनीय माध्यम रहा है राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह से हवा के साथ रूक रूक कर बारिश हो रही है मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में अगले चौबीस घंटे में बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका जतायी है इस वर्ष एक मार्च से लेकर कल तक पूरे प्रदेश में बीस मिलीमीटर से अधिक की बारिश हो चूकी है विभाग ने कल तक पूरे प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों को बंद किये जाने की खबर को प्रमुखता दी है हिन्द्रस्तान की बड़ी सूर्खी है बिहार में स्कूल कॉलेज और सिनेमाघर बंद दैनिक जागरण की बड़ी खबर है हरिवंश रामनाथ व विवेक ने पर्चे भरे निर्वाचन तय प्रभात खबर लिखता है तीन लाख अधिक कर्मी करेंगे राज्य में जनगणना दैनिक भास्कर ने केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा को बड़ी खबर बनाया है

सरकार बरत रही है पूरी सतर्कता

और भारत की जनगणना दो चरणों में सम्पन्न होगी